इस चरण में शाहजहांपुर खीरी हरदोई मिश्रिख उन्नाव फर्रूखाबाद इटावा कन्नौज कानपुर अकबरपुर जालौन झांसी और हमीरपुर संसदीय सीटें शामिल है

इस चरण में प्रमुख उम्मीदवारों में समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव भाजपा के रामशंकर कठेरिया प्रदेश सरकार में मंत्री सत्यदेव पचौरी और साक्षी महाराज कांग्रेस के सलमान खुर्शीद और श्रीप्रकाश जायसवाल शामिल है

कन्नौज सहित जगह ईवीएम में खराबी के चलते मतदान बाधित हुआ जिससे मतदाताओं में रोष तथा मायूसी दोनों देखे गए हालांकि निर्वाचन कर्मियों द्वारा खराबी को तत्काल दूर कर दिया गया उधर सपा नेताओं ने ईवीएम में खराबी को लेकर चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई है

आकाशवाणी समाचार के लिए कन्नौज से मैं मुल्तान सिंह यादव इन तेरह संसदीय क्षेत्रों में आज सत्रह हजार ग्यारह मतदान केन्द्र और सत्ताइस हजार पांच सौ सोलह मतदेय स्थल बनाये गये लखीमपुर खीरी की खीरी लोकसभा सीट और निघासन विधानसभा सीट पर उप चुनाव के लिये आज हुए मतदान के दौरान लोगों में भारी उत्साह देखा गया

इस दौरान महिलाओं के साथ युवाओं और बुजुर्गो में मतदान को लेकर काफी जोश देखने को मिला

श्यामजी अग्निहोत्री आकाशवाणी समाचार लखीमपुर खीरी

इस चरण में सुल्तानपुर प्रतापगढ़ फूलपुर इलाहाबाद अम्बेडकरनगर श्रावस्ती डुमरियागंज बस्ती संतकबीरनगर लालगंज आजमगढ़ जौनपुर मछलीशहर और भदोही संसदीय सीटें शामिल हैं प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आजमगढ़ सीट से सपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं उन्हें बसपा और रालोद का समर्थन प्राप्त है उनका मुकाबला तेरह अन्य उम्मीदवारों से है इसी चरण में सुल्तानपुर से कोन्द्रीय मंत्री मेनका गांधी चुनाव लड़ रही हैं उनका मुकाबला चौदह अन्य प्रत्याशियों से है पिछले चुनाव में यहां से मेनका गांधी के पुत्र वरूण गांधी भाजपा से निर्वाचित हुये थे डुमरियागंज सीट से भाजपा के जगदम्बिका पाल चुनाव लड़ रहे हैं उनका मकाबला छह अन्य उम्मीदवारों से है वहीं जौनपुर क्षेत्र में भाजपा के कृष्ण प्रताप सिंह का मुकाबला कांग्रेस के देववत मिश्र और बसपा के श्याम सिंह यादव सहित तेरह अन्य उम्मीदवारों से है जौनपुर के मछलीशहर सुरक्षित क्षेत्र से भाजपा के बी पीसरोज बसपा के त्रिभुवन राम और तेरह अन्य उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं इस चरण में दो करोड़ तिरपन लाख से अधिक मतदाता हैं

लोकसभा चुनाव के शेष तीन चरणों के लिये प्रचार जोरों पर है सभी पार्टियों के बड़े नेताओं ने प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में जनसभाएं की भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने आज प्रतापगढ़ में आयोजित चुनावी जनसभा में मोदी सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए जनता से दोबारा भाजपा की सरकार बनाने की अपील की श्री शाह ने कहा कि मोदी सरकार ने आंतरिक सुरक्षा को मजबूत किया है जिसके कारण देश में कही भी आतंकवादी हमला नहीं हुआ है भाजपा अध्यक्ष ने चित्रकूट में जनसभा में कहा कि अब उत्तर प्रदेश बदल गया है योगी सरकार में कोई बाहुबलियों से नहीं डरता है प्रदेश की जनता निडर होकर प्रधानमंत्री मोदी को आशीर्वाद दे रही है श्री शाह ने जौनपुर में भी चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस और सपा बसपा गठबंधन पर जमकर प्रहार किया भाजपा के वरिष्ठ नेता तथा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रतापगढ़ के कुंडा में भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में चूनावी जनसभा में कहा कि देश एक बार फिर नरेन्द्र मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाह रहा है

चुनाव प्रचार जोड़ कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने आज चित्रकूट में एक चुनावी जनसभा में भाजपा पर प्रहार करते हुए कहा कि नकारात्मक राजनीति खत्म होनी चाहिये उन्होंने कहा कि जनता को ऐसा नेता चुनना चाहिये जिसकी उनके प्रति जवाबदेही हो प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार पर युवाओं और किसानों की अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस की न्याय योजना से गरीबों को फायदा होगा कांग्रेस अध्यक्ष राहल गांधी ने राफल मामले में उच्चतम न्यायालय के फैसले पर अपनी टिप्पणी के लिए न्यायालय की अवमानना के मामले में जारी नोटिस का आज जवाब दाखिल किया भाजपा सांसद मीनाक्षी लेखी ने यह मामला दायर किया था

समाजवादी पार्टी ने वाराणसी लोकसभा सीट से अपना प्रत्याशी बदल दिया है पार्टी ने आज इसकी औपचारिक घोषणा करते हुए बताया कि पूर्व सीमा सुरक्षा बल के जवान तेज बहादुर यादव को सपा बसपा गठबंधन का उम्मीदवार बनाया गया है भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी वाराणसी सीट से चुनाव मैदान में हैं इससे पहले सपा ने शालिनी यादव को इस सीट से मैदान में उतारा था गौरतलब है कि तेज बहादुर ने बीएसएफ में सेवा के दौरान भोजन की गुणवत्ता को लेकर सोशल मीडिया पर एक संदेश वायरल कर दिया था बाद में उन्हें सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था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

आज लोकसभा के सातवें और अंतिम चरण के चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने का अंतिम दिन था इस चरण में महराजगंज संसदीय सीट पर लोकसभा चुनाव के लिये भाजपा उम्मीदवार पंकज चौधरी सहित इक्कीस उम्मीदवारों ने अपना नामांकन दाखिल किया जिसमें एक किन्नर पूनम भी शामिल है अब तक महराजगंज में छब्बीस उम्मीदवार नामांकन दाखिल कर चुके हैं मऊ जिले की घोसी लोकसभा सीट पर आज भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के प्रत्याशी अतुल कुमार अंजान सहित तेरह लोगों ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया वहीं कुशीनगर संसदीय सीट के लिये पांच उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किया जिनमें पीस पार्टी के हाजी उस्मान प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के उम्मीदवार सफी अहमद शामिल हैं बलिया सीट के लिये नौ और सलेमपुर सीट के लिये नौ उम्मीदवारों ने पर्चे दाखिल किये बलिया में अब तक कुल उन्नीस नामांकन हुए जबकि सलेमपुर में अब तक इक्कीस उम्मीदवार नामांकन दाखिल कर चुके हैं आज बलिया से गठबंधन उम्मीदवार सनातन पाण्डेय ने नामांकन दाखिल किया

इस सीट से भाजपा अपना दल की संयुक्त प्रत्याशी और केन्द्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने नामांकन किया चन्दौली सीट के लिये आज पन्द्रह प्रत्याशियों ने नामांकन पर्चे भरे इस सीट के लिये अब तक छब्बीस प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दाखिल किया है वहीं आगरा में उत्तरी विधानसभा सीट पर होने वाले उप चुनाव के लिये भाजपा के पुरूषोत्तम खंडेलवाल कांग्रेस के रणवीर शर्मा और गठबंधन प्रत्याशी सूरज शर्मा ने नामांकन दाखिल किया कल नामांकन पत्रों की जांच की जायेगी जबकि दो मई को नाम वापसी का अंतिम दिन है मतदान उन्नीस मई को होगा प्रौविन्शियल मडिकल सर्विसज एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के राज्य कार्यकारिणी की बैठक कल लखनऊ के राम मनोहर लोहिया चिकित्सा संस्थान में आयोजित की गई

पीएमएस संवर्ग के चिकित्सकों को केन्द्र के समान मूल वेतन का बीस प्रतिशत पैक्टिस वेतन बंदी भत्ता देने के लिये बैठक में सदस्यों ने शासन प्रशासन को धन्यवाद दिया